गौरतलब है कि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने पहले फिल्डिंग करने का निर्णय लिया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरूवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे बजट पांच जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा इससे पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुर्ये कहा कि नया भारत नई सोच के साथ बने

उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद का यह सत्र उपयोगी रहेगा जयपुर में कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई इसमें भाजपा सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिये कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि संगठन निकाय पंचायत और उपच्नाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश करने वाली समिति के सदस्य प्रोफेसर एम के श्रीधर ने कहा है कि इस नीति से विलुप्त हो रही भारतीय भाषाओं को संरक्षण मिलेगा बेंगलूरू में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग देश की शिक्षा नीति को आगे ले जाएगा

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माई जीओवी खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में आज देशभर में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे

हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी प्रदेश के डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल हैं और इसकी वजह से सभी सरकारी और बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों में मरीज प्रभावित होंगे

संबंधित जानकारी नीट की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है

कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की तलाश में धौलपुर के बीहड़ों में पुलिस की घेराबंदी जारी है पुलिस की चार टीमें लगातार कोम्बिंग कर रही हैं एसपी और एटीएस कमांडों ने खुद मोर्चा संभाल रखा है

वन मंत्री सुखराम विश्नोई ने सरिस्का में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है जो एक माह में रिपोर्ट देंगे उसके बाद जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सरिस्का में जो समस्याए हैं उनके समाधान के लिए ग्रास रूट योजना तैयार की जाएगी एक सवाल के जवाब में श्री विश्नोई ने कहा कि सरिस्का में कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और द्र्गम स्थान तक पहुंचने के लिए उन्हें वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे

हवाओं के साथ बारिश ने तापमान में गिरावट पैदा की है